कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने छब्बीस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को स्थगित कर दिया गया है राज्यसभा की पचपन सीटों के लिए चुनाव होने थे जिनमें से सैंतीस उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये बाकी की अठारह सीटों के लिए चुनाव होने हैं जिनमें झारखंड से दो सीटें भी शामिल हैं चुनाव की नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे श्री मोदी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवांसियों को साथ साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से कोरोना के कारण कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव के बावजूद मानवीय आधार पर कामगारों की संख्या कम न करने का आग्रह किया वाणिज्य संघों से कल श्री मोदी ने कहा कि जहां तक सम्भव हो वे टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने को कहें कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लॉकडाउन के आदेश का पालन कराने के लिए आज से सख्ती बरती जायेगी मुख्य सचिव डीके तिवारी ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में धारा एक सौ चौवालीस और एक सौ अठासी लागू है इसके बाद भी लोग लॉकडाउन और निषेधाज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर हाल में लॉकडाउन का पालन करायें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए अपने अपने घरों में रहने की अपील की है श्री सोरेन ने कहा है कि लोग सामाजिक दूरी बनाकर रखे ताकि संकमण से बचा जा सके झारखण्ड सरकार ने एहतियात के तौर पर कई कड़े निर्णय लिये हैं राज्य में अबतक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया हैं वहीं कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शहर से लेकर पंचायत स्तर तक वॉर रूम खोलने का निर्णय लिया है इसके लिए राज्य जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समिति के अध्यक्ष समिति कोरोना पर प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर मुख्यमंत्री हर रोज शाम छह बजे आम जनता के लिए बुलेटिन जारी करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पलामू जिला प्रशासन ने सामान्य दिनों से हटकर विशेष व्यवस्था की है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लाभुकों को आगामी दो माह अप्रैल और मई का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है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

इस सिलसिले में हेल्पलाइन नंबर एक सौ इक्कासी जारी किया गया है

इस कार्यक्रम के प्रसारण का समय सुबह आठ से नौ बजे तक रहेगा

सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लिया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक छुट्टी दें यदि कोई श्रमिक छुट्टी लेता है तो उस अवधि का उसका वेतन न काटा जाए केंद्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार रांची विश्वविद्यालय ने इक्कतीस मार्च तक सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने घरों से ही कार्य निष्पादन का आदेश जारी किया है कल रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश कुमार पांडेय ने शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलरों को ऑनलाइन सामग्री जुटाने का भी निर्देश दिया कोरोना वायरस से निपटने को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है

कोरोना के प्रकोप के कारण झारखंड उच्च न्यायालय ने आज से सिर्फ अति आवश्यक मामलों की वीडियो कांफेंसिंग से सुनवाई करने का फैसला लिया है आवश्यक मामलों के लिए संबंधित अधिवक्ता को ईमेल को माध्यम से सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा

लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज ने शहर के मोहल्लों में कार्रवाई की लॉकडाउन के उल्लंघन पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है